केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध तोड़ने को दंडनीय अपराध बनाने के बारे में एक अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी है सूचना प्रौद्योगिकी और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में अपने फैसले में तीन तलाक को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था उन्होंने कहा कि लोकसभा ने तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी लेकिन यह राज्य सभा में पारित नहीं हो सका उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे पारित कराने में विपक्ष को साथ लेने का प्रयास किया लेकिन कांग्रेस ने इसमें सहयोग नहीं किया बाइट तीन तलाक का मुद्दा न पूजा का है न प्रार्थना का है न धर्म का है न इबादत का है ये मुद्दा है नारी न्याय नारी गरिमा नारी सम्मान ये अध्यादेश देश हित में लाया गया है ये अध्यादेश देश की नारी के इंसाफ के लिए लाया गया है मैं अपील करूगां कि वोट बैंक की चार दीवारी से ऊपर उठकर इंसानियत और इंसाफ के लिए समर्थन हो इस अध्यादेश के प्रारूप में वही प्रावधान हैं जो मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक में किये गये हैं राज्य सभा में विपक्ष ने मांग की थी कि विधेयक को जांच के लिए प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए श्री प्रसाद ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने देश में बांधों की मरम्मत और सुरक्षा के लिए सहायता राशि भी मंजूर की है

बाकी राज्य और कोन्द्र मिलकर करेंगे और इसमें रिहैबिलिटेशन इन्ट्युशनल स्टेथरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सारी बातें आएगी उन्होंने बताया कि आशा लाभ पैकेज अगले महीने से बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे परियोजना अमृत योजना तथा स्मार्ट सिटी मिशन में कार्य की गति बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव नगर विकास को नमामि गंगे परियोजना के कार्यों की साप्ताहिक तथा प्रबन्ध निदेशक जल निगम को दैनिक समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने परियोजना की गति बढ़ाने के लिए योग्य कूशल और परिणाम दे सकने वाले अधिकारियों को तैनात करने और उनकी जवाबदेही तय करते हुए कार्य की गति बढ़ाने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ के शास्त्री भवन में नमामि गंगे परियोजना अमृत योजना तथा स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने नगर निकायों में आकर्षक और आध्निक सुविधाओं से युक्त अटल गौरव पथ विकसित किये जाने के भी निर्देश दिये

उन्होंने विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से इन जनपदों के विकास के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिये प्रदेश के बहराइच बलरामपुर चन्दौली चित्रकूट फतेहपुर श्रावस्ती सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र जनपद इस योजना में शामिल किए गए हैं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इन जनपदों क रूपान्तरण के लिए सभी निर्धारित मापदण्डों के तहत प्रभावी कार्यवाही की जाए जिससे इनमें सकारात्मक बदलाव दिखाई दे उन्होंने इन जनपदों के प्रभारी मंत्रियों और नोडल अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने जनपदों का दौरा कर और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय को भेजे उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर वहां कराये जा रहे कार्यो के विषय में जानकारी प्राप्त करे गौतमबुद्ध नगर के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की अधिकृत जमीन से संबंधित छब्बीस किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला और उन्हें अपनी जमीन के सहमति पत्र सौंपे

मुख्यमंत्री ने किसानो से कहा कि प्रदेश के विकास में सभी को भागीदार बनकर राज्य को विकास की बुलन्दियों पर पहुंचाने के प्रयास में सहयोग करना चाहिए उन्होंने कहा कि किसानों की जो भी मांगे और विस्थापन की नीति होगी उसका सरकार द्वारा निस्तारण किया जायेगा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

वहीं जिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम हो और नियमित पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है उनकी सूची जिला प्रशासन निदेशालय और शासन को भेजी जायेगी

उन्होंने कहा कि स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अभियान चलाकर विद्यालयों का निरीक्षण किया जाये परीक्षा केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण व सत्यापन कराकर परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों में सीसी टीवी में वॉयस रिकार्डिंग की व्यवस्था भी की जाये बीते वर्षो में हुए मूल्यांकन के बकाये का भुगतान तुरन्त किया जाये उन्होंने कहा कि उत्तर प्रस्तिकाओं में डी कोडिंग करवाई जाये और परीक्षा केन्द्र में मोबाइल एवं अवांछित नकल सामग्री बैन कराई जाये उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूप में सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी केन्द्र निर्धारण विसंगति की शिकायत के लिए अतिरिक्त ईमेल आईडी बनाकर दर्ज आपत्तियों का हल करवाया जाये प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन मानव श्रम और बड़ा बाजार उपलब्ध है प्रदश में निवेश के इच्छुक कोरियाई कम्पनियों को राज्य सरकार पूरी मदद करेगी उन्होंने कल दक्षिण कोरिया के राजदूत शिन बॉन्ग किल के नेतृत्व में बाईस सदस्यीय शिष्टमंडल से मुलाकात के दौरान यह बात कही श्री महाना ने दक्षिण कोरियाई उद्यमियों का आहवान किया है कि वे इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में निवेश करे उन्होंने कोरियाई शिष्टमंडल को बताया कि निवेश के लिये राज्य सरकार उद्यमियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करा रही है कृषि क्षेत्र खाद प्रसंस्करण सूचना प्रौद्योगिकी विद्युत उत्पादन सहित अनेक क्षेत्रों में निवेश की भारी संभावना मौजूद है

अगले दो महीने में बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो जायेगा जेवर एयरपोर्ट को देश के सबसे बड़े कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है

आज से चार साल पहले अस्पताल में बहुत गन्दगी थी लेकिन स्वच्छता अभियान से आई जागरूकता और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्वच्छता पर किये गये कार्यो से जिला अस्पताल अब साफ सुथरा हो गया है जिला अस्पताल में आये मरीज मुतजिर ने बताया बाइट कुछ समय पहले जब मैं जिला अस्पताल में आता था तो काफी गंदगी देखने को मिलती थी पर जब से सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है तो काफी गंदगी कम हो गई है क्योंकि सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में जगह जगह पर कूड़ेदान और पोस्टर लगाए गए हैं जिन्हें देखकर एक ही मैसेज आता है कि गंदगी ना की जाए अस्पताल में जगह जगह स्वच्छता का संदेश देते हुए पोस्टर लगाये गये है और डस्टबिन रखे गये है यहां सभी चिकित्सकों ने मिल कर स्वच्छता अभियान चलाया जिससे अस्पताल साफ सुथरा हो गया है और आने वाले लोग भी जागरूक होकर अब स्वच्छता का ध्यान रखते हैं

कि हमको चीजों को स्वच्छ रखना चाहिए यह योजना एक बेहतर योजना है क्योंकि अगर व्यक्ति स्वच्छ माहौल में रहता है तो उसको बीमारियां कम होती है शारीरिक बीमारियां कम होती है और जब सारी बीमारियां कम होती है तो उसको मानसिक तनाव भी कम होता है और वह मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है